मुरैना से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट आज मुरैना में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में सभा करेंगे वहीं ग्वालियर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह आज पार्टी प्रत्याशी विवेक शेजवलकर के समर्थन में रोड शो करेंगे

ग्वालियर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि आम निर्वाचन के लिए जिले में मतदान निष्पक्ष शांतिपूर्ण रूप से सम्पन्न कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं सभी मतदान कोन्द्रों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है

वहीं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी व्हीएल कान्ता राव और भारत निर्वाचन आयोग के उपायुक्त सुदीप जैन आज भिण्ड और मुरैना में मतदान तैयारियों की समीक्षा करेंगे इससे पहले कल श्री कान्ता राव और श्री जैन ने राजगढ़ और भोपाल में भी निर्वाचन की तैयारियों की समीक्षा की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने राजगढ़ में निर्वाचन कार्य में लगे सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पर्याप्त सुविधा मुहैया कराए जाने के निर्देश दिए श्री कान्ता राव ने कहा कि बार्डर एरिया चेकपोस्ट नाकों पर ं कड़ी निगरानी रखी जाये उन्होंने सी विजिल पर प्राप्त शिकायतों का त्वरित निराकरण किए जाने के निर्देश भी दिए वहीं भोपाल में आयोजित बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी सुदाम खाड़े और भोपाल डीआईजी इरशाद वली शामिल हुए शिवपुरी मतदान में मतदान दल के सदस्यों की ठहरने की व्यवस्था सात स्थानों पर की गई है इस दौरान उन्हें जरूरी सभी सुविधाएं भी मुहैया कराई जायेंगी श्योपुर में जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने बीती रात सीमावर्ती दो नाकों का औचक निरीक्षण किया इस दौरान उन्होंने एसएसटी और बीएसटी टीमों की कार्यवाही पर चर्चा की आयोग समय चुनाव आयोग ने शहडोल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आपत्तिजनक बयान दिए जाने पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ जारी नोटिस का जवाब देने का समय बढ़ा दिया है आयोग ने श्री गांधी के अनुरोध पर उन्हें अब इस बारे में आज शाम तक जवाब देने को कहा है गौरतलब है कि श्री गांधी ने शहडोल में अपने भाषण में कथित तौर पर कहा था कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल में एक ऐसा कानून बना है जिसमें आदिवासियों को गोली मारने की बात कही गई है

श्री राव कल भारत निर्वाचन आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त सुदीप जैन के साथ प्रदेश के उन जिलों में चल रही मतगणना की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे जहाँ लोकसभा चुनाव का पहला और दूसरा चरण सम्पन्न हो चुका है इस मौके पर अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संदीप यादव भी मौजूद थे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मतगणना की तैयारियों में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन करने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि व्हीव्हीपेट मशीनों की पर्चियों की गणना के लिए गणना कर्मियों का अलग दल बनायें तथा उनके लिये अलग से प्रशिक्षण आयोजित करें प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एक एक आदर्श मतगणना कक्ष बनायें जहाँ न केवल गणना कर्मी बल्कि उम्मीदवार अथवा उनके अभिकर्त्ता भी मतगणना के व्यवहारिक पहलुओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें श्री कान्ता राव ने मतगणना स्थल तक स्ट्रॉग रूम की सुरक्षा के बारे में भी सतर्कता बरतने और स्ट्रॉग रूम के प्रोटोकाल का हर हाल में पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये श्री कांताराव ने कल कटनी में बनाये गये स्ट्रांग रूम का निरीक्षण भी किया उन्होंने सिवनी में भी मतगणना स्थल का जायजा लिया

आकाशवाणी संगीत प्रतियोगिता संगीत के क्षेत्र में युवा प्रतिभाओं को खोजने और प्रोत्साहन के उद्देश्य से आकाशवाणी द्वारा अखिल भारतीय आकाशवाणी संगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है प्राथमिक चरण की प्रतियोगिता आकाशवाणी के भोपाल केन्द्र पर होगी

आईपीएल आईपीएल क्रिकेट के दूसरे क्वाहलीफायर में आज डेल्ही कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नेई सुपर किंग्स से होगा ये मैच विशाखापत्तनम में शाम साढ़े सात बजे से खेला जाएगा विजेता टीम रविवार को हैदराबाद में होने वाले फाइनल मैच में मुम्बई इंडियंस से भिड़ेगी

प्रतियोगिता में तीनों टीमें वेलोसिटी ट्रेलब्लेजर्स और सुपरनोवाज के दो दो अंक है हालांकि बेहतर रन रेट के आधार पर सुपरनोवाज और वेलोसिटी फाइनल में पहुंच गए हैं फाइनल मैच कल खेला जाएगा

इस दौड़ में आमलोग भी शामिल हो रहे हैं

महिला एक वर्ष पूर्व खंडवा में लापता मिली थी तक उसको महिला सुधारग्रह में रखा गया था